राज्य निर्वाचन विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तबादलों के मामले में आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा है प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक कल संपन्न उम्मीदवारों के बारे में अंतिम फैसला राहुल गांधी पर छोड़ा इंडोनेशिया के जकार्ता में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कल तीन स्वर्ण पदक जीते संदीप एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय जैवलिन थ्रोअर बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राहल गांधी का यह पहला प्रदेश दौरा है कार्यकम के अनुसार वे आज धौलंप्र जिले के मनिया गांव पहुंचेंगे जहाँ एक सभा को संबोधित करने के बाद धौलपुर और भरतपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे उसके बाद राहुल गांधी कल जयपुर और बीकानेर में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज सीकर आयेंगे दोनो नेता विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पदाधिकारियों सांसदों विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे राज्य निर्वाचन विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तबादलों के मामले में आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा है कि विभिन्न विभागों में यदि तबादले किये जा रहे है तो उन पर तुरंत रोक लगाई जाये और यदि तबादले हो गये है लेकिन उनकी कियान्विति नहीं हुई है तो कियान्विति पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाये मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के जरिये विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है

जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि नियंत्रण कक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्थापित किया गया है यह आदर्श आचार संहिता की अहवेलना संबंधी शिकायतों के कॉल सेंटर के रूप में भी काम करेगा

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कल चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट स्कीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन कमारी शैलेजा समेत नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डुडी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए पत्रकारों से बातचीत में कमारी शैलेजा ने बताया कि बैठक में प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों का फैसला करने का अधिकार सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को देने का निर्णय किया गया दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल प्रदेशस्तरीय नव मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यशाला को भाजपा के चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संबोधित किया

केन्द्र सरकार ने कहा है कि उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नयी टेक्नोलाजी अपनानी चाहिए और इस बारे में ठोस कार्यक्रम भी तैयार करना चाहिए

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ महेश शर्मा ने बच्चों से कहा है कि वे वन्य प्राणियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वन्य प्राणी सप्ताह के राष्ट्रीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों की दुढ़ता को वन्य प्राणी संरक्षण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा लेवल प्रथम में नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है न्यायमूर्ति वी एस सिराधना की खंडपीठ ने कल तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम को लेकर दायर याचिकाओं का खारिज कर दिया याचिका में बोनस अंक की मांग की गई थी और कहा गया था कि एक तरह की भर्ती में दो तरह के नियम नहीं होने चाहिए

जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सीमा में घ्रसपैठ करने का प्रयास कर रहे एक पाकिस्तानी युवक को कल सीमा सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया ये युवक तारबंदी फांदने का प्रयास कर रहा था पूछताछ में युवक ने भारतीय सीमा में प्रवेश का कोई कारण नहीं बताया उसके पास से क्छ पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद हुई है बीएसएफ ने उसे रामगढ़ पुलिस को सौंप दिया है जहां सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेगी अजमेर के किशनगढ़ से जिला आबकारी विभाग ने करीब बीस लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की हैं जिला आबकारी अधिकारी भगवंत सिंह राठौड़ ने बताया कि शराब की कीमत बाजार में करीब बीस लाख रुपए की बताई जा रही हैं शराब हरियाणा से राजस्थान लाई गई राजस्थान में इसकी आपूर्ति कहां होनी थी इसका पता लगाया जा रहा है इस मामले में हरियाणा निवासी दो लोगों को हिरासत में लिया गया है

संदीप चौधरी ने पुरूषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता